इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें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

श्री मोदी ने देश में कोविड की दुसरी लहर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए वर्च्अल माध्यम से आयोजित आज केनुद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह बात कही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 बैठक के दौरान कोविड महामारी से लड़ाई में केन्द्र राज्य सरकारों और देश की जनता के सामूहिक प्रयासों पर आधारित भारत सरकार के टीम इंडिया दृष्टिकोण पर बल दिया गया मंत्रिमंडल ने पिछले चौदह महीनों में केनुद्र राज्य सरकारों और देश की जनता के सभी प्रयासों की समीक्षा भी की

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के नाम जारी अपने सन्देश में कहा कि आम नागरिकों की स्विधा को देखते हए संपत्ति की पंजीयन दर में कोई वृद्वि नहीं की गई है

पूंजीगत व्यय से विशेषकर निर्धन और अक्शल वर्ग के श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होते हैं इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता बढने से आर्थिक वृद्वि की ऊंची दर सुनिश्चित होती है

कोविड महामारी से सबक लेते हए सरकार अब प्रदेश के हर जिला अस्पताल को अब ऑक्सीजन के स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने जा रही है निजी अस्पतालों से भी कहा गया है कि वे अपने यहां ऑक्सीजन प्लांट लगाएं जल संसाधन मंत्री त्लसीराम सिलावट ने बताया कि जो अस्पताल अपने परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे उन्हें जीएसटी अथवा अन्य करों में छ्रट भी प्रदान की जाएगी हालाँकि अप्रैल में पहले की अपेक्षा ऑक्सीजन की उपलब्धता पाँच ग्ना बढ़ गयी है

जिला ब्लड बैंक प्रभारी डॉ अंकिता सीते ने कहा कि जिला अस्पताल को हाल ही में ब्लड डोनेट बस मिली है जो कही भी पहुंचकर ब्लड डोनेशन करवा सकती है

गर्भवती हेल्पलाइन राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर श्रू किया है

देश भर में गर्भवती महिलाएं रात दिन किसी भी समय इस नम्बर पर आयोग से संपर्क कर सकती हैं

जबलप्र जिले के प्रभारी मंत्री डॉ अरविंद भदौरिया पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मरीजों के घर तक दवाएं पहुंचाई जाएंगी

सतना जिले के मैहर के विधायक ने जिले के उद्योग पतियो व्यापारियों और समाज सेवियों से इस महामारी से निपटने में मदद की अपील की है कमलनाथ मांग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य सरकार से कोरोना के इस भीषण संकट काल को देखते हुए किसानों के कर्ज भ्गतान की तारीख एक माह के लिये आगे बढ़ाने की बजाय उनका सम्पूर्ण कर्ज ही माफ करने की अपील की है उन्होंने गेहं खरीदी की तारीख को मात्र क्छ दिन आगे बढ़ाने की बजाय गेहँ ख़रीदी के काम में तेज़ी लाते हए किसान हित में गेहं के एक एक दाने की खरीद तक खरीदी चालू रखने की भी मांग की है आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर से होगा मैच शाम साढ़े सात बजे से श्रू होगा बैंगलौर ने छह में से पांच मैच जीते हैं वहीं पंजाब किंग्स अंकतालिका में निचले पायदान पर है